कांगड़ा जिले के दूर्गम क्षेत्र बड़ा भंगाल के लिए राशन की पहली खेप रवाना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से जनजातीय जिला लाहौल स्पीति के किसान व बागवान लाभान्वित मोदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश भर में दस हजार करोड़ रुपये की लागत से बारह आधुनिक जैव ईंधन रिफाइनरी स्थापित किए जाएंगे इससे डेढ लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा विश्व जैव ईंधन दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जैव ईंधन के इस्तेमाल से किसानों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव आयेगा और सरकार कूडे कचरे को जैव ईंधन में बदलने के लिए बड़ा निवेश कर रही है उन्होंने कहा जैव ईंधन पर्यावरण और आर्थिक विकास में सेतु की भूमिका निभायेगा

उन्होंने बताया कि बीते चार वर्षों में एथनॉल का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है इससे न केवल किसानों को मदद मिली है बल्कि पिछले एक साल में चार हजार करोड़ रुपये मूल्य की विदेशी मुद्रा की भी बचत हुई है

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति संदीप शर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई के दौरान आज कर्मचारी यूनियन ने अपनी विभिन्न मागों को उठाते हुए इनके निराकरण का अनुरोध किया खंडपीठ ने मरीजों को आ रही परेशानियों के चलते यूनियन को हड़ताल समाप्त करने के निर्देश दिए यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष पूर्ण चंद ने बताया कि कर्मचारी कंपनी से निकाले गए कर्मचारियों की वापसी ओवर टाइम न दिया जाना और खाते में ईपीएफ न डाले जाने जैसी मांगों को लेकर हड़ताल पर थे विपिन परमार स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री विपिन परमार ने कहा है कि सोलन शहर से बाहर एक बड़ा अस्पताल बनाया जाएगा जिससे लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं मिल सके उन्होंने आज इसको लेकर चम्बाघाट के आसपास विभिन्न स्थानों का दौरा कर जगह का निरीक्षण किया स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि जल्द ही सभी औपचारिकताएं पूरी कर इस अस्पताल का निर्माण कार्य शुरू की दिया जाएगा विपिन परमार ने कहा कि सोलन के क्षेत्रीय अस्पताल में खराब पड़ी एक्स रे मशीनों को जल्द ही ठीक करवाया जाएगा और अस्पताल में दस नए चिकित्सकों के पद सृजित करने पर विचार किया जा रहा है उन्होंने अस्पताल में ट्रामा सेंटर खोलने की बात भी कही सहजल सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सहजल ने कहा है कि प्रदेश सरकार समाज के सभी वर्गों के कल्याण के लिए वचनबद्ध है और पिछले छः माह के कार्यकाल में शुरू की गई योजनाओं के सकारात्मक परिणाम आ रहे हैं वे आज सोलन में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निरोधक अधिनियम के तहत आयोजित एक जागरूकता शिविर में बोल रहे थे उन्होंने समाज के सभी वर्गों से धार्मिक क्षेत्रीय जातीय और आर्थिक विसंगतियों को दूर करने के लिए केंद्र व प्रदेश सरकार का सहयोग करने का आग्रह भी किया

उन्होंने विद्यार्थियों से शिक्षा के साथ साथ खेलों को समय देने का आहवान किया ताकि वे मानसिक व शारीरिक रूप से स्वस्थ रह कर बेहतर नागरिक बन सके महें द्र सिंह सिंचाई व जनस्वास्थ्य मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने आज मंडी में प्रदेश सिंचाई व जनस्वास्थ्य विभाग अभियंता संघ की बैठक की अध्यक्षता की

महेंद्र सिंह ठाकुर ने अभियंता संघ की मांगों के संबंध में जल्द उचित कदम उठाने का आश्वासन दिया रामस्वरूप मंडी जिले के कमांद स्थित आईआईटी में विभिन्न अनियमितताओं की जांच केंद्रीय टीम करेगी सांसद रामस्वरूप शर्मा द्वारा आज लोकसभा में इस संबंध में उठाए गए सवाल पर केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ये बात कही केंद्रीय मंत्री ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच के लिए केंद्रीय टीम भेजने के आदेश जारी किए इस बीच सांसद रामस्वरूप शर्मा ने कल नई दिल्ली में केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री जयंत सिन्हा से मुलाकात की और कुल्लू जिले के भुंतर हवाई अड्डे के लिए हवाई सेवा शुरू करवाने की मांग की उन्होंने कहा कि डेक्कन एयरवेज ने एक वर्ष में तीन बार उड़ानों की समय सारिणी जारी की मगर अंतिम समय में उड़ानें रद्द कर दी गई रामस्वरूप शर्मा ने बताया कि एयरवेज द्वारा अब चौथी बार दिल्ली से भूंतर और भूंतर से दिल्ली के लिए नई समय सारिणी जारी की गई है जिससे स्थानीय लोगों और पर्यटकों को परेशानी आ रही है उन्होंने केंद्रीय राज्य मंत्री से भुंतर के लिए अन्य निजी कंपनियों की उड़ानें शुरू करवाने की मांग भी की

इसी संदर्भ में शिमला जिला भाजपा प्रभारी सुखराम चौधरी की अध्यक्षता में आज पार्टी कार्यालय में एक बैठक आयोजित की गई उन्होंने सभी मंडलों के पदाधिकारियों व कार्यकर्त्ताओं से बातचीत की और राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यक्रमों को सफल बनाने पर चिंतन किया राशन आपूर्ति कांगड़ा जिले के दुर्गम क्षेत्र बड़ा भंगाल के लिए राशन की पहली खेप आज रवाना कर दी गई है कांगड़ा के उपायुक्त संदीप कुमार ने बताया कि पहली खेप में साढ़े तीन क्विंटल राशन कुल्लू जिला के पतलीकूहल से खच्चरों पर भेजा गया है उपायुक्त ने कहा कि पहले चम्बा से हेलीकॉप्टर के माध्यम से बड़ा भंगाल के लिए राशन व अन्य जरूरी वस्तुएं भेजने का प्रयास किया गया था लेकिन खराब मौसम के चलते हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर सका उपायुक्त ने बताया कि आगामी दिनों में भी क्षेत्र के लिए राशन की आपूर्ति जारी रहेगी

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से जनजातीय जिला लाहौल स्पिति के किसान व बागवान लाभान्वित हो रहे हैं योजना के तहत अनुदान मिलने पर किसान जल भंडारण टैंक बना रहे हैं जिससे उन्हें सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मिलने पर बेहतर फसल उत्पादन हो रहा है शीत मरूस्थल के नाम से विख्यात लाहौल स्पिति ज़िले की खंगसर पंचायत के किसानों के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना लाभकारी सिद्ध हो रही है

अनुराग ठाकुर सांसद अनुराग ठाकुर ने भाखड़ा और पौंग डैम विस्थापितों को उनका हक जल्द दिलाने की मांग केंद्र सरकार से की है लोकसभा में आज उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा के लिए हिमाचल के नौजवानों ने अपनी कुर्बानी दी और विकास के लिए प्रदेश के कई किसान विस्थापित हुए हैं जिन्हें आज भी अपने हक की लड़ाई लड़नी पड़ रही है अनुराग ठाकुर ने कहा कि जिस तरह उच्चतम न्यायालय ने नर्मदा विस्थापितों के लिए जमीन न देने की स्थिति में आर्थिक मदद देने की बात कही है उसी तरह भाखड़ा व पौंग विस्थापितों को भी वित्तीय सहायता दी जानी चाहिए स्वच्छता संदेश स्वच्छ भारत मिशन के तहत आम नागरिकों और पर्यटकों को स्वच्छता संदेश देने के लिए भारतीय वायु सेना ने आज दिल्ली से मनाली लेह और थोईसे तक कार व बाईक रैली शुरू की

मंदिर नियंत्रण ऊना जिले की तलमेहड़ा पंचायत स्थित प्रमुख धार्मिक स्थल सदाशिव महादेव मंदिर को प्रदेश सरकार ने आज से पूरी तरह से अपने अधीन कर लिया है उपायुक्त राकेश प्रजापति ने मंदिर पहुंच कर कार्यवाही की निगरानी की

इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर बढ़ती महंगाई का आरोप लगाया उन्होंने कहा कि पेट्रोल की कीमतें सरकार के नियंत्रण से बाहर हो चुकी है और चंद कंपनियां मुनाफा कमा रही है रजनी पाटिल ने कहा कि जनता महंगा पेट्रोल खरीदने को मजबूर है जबकि कच्चे तेल की कीमतें प्रति बैरल डॉलर अब तक के निचले स्तर पर है उधर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में न तो सेब उत्पादकों को राहत मिली न ही पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है उन्होंने कहा कि प्रदेश को केंद्र द्वारा औद्योगिक पैकेज भी प्राप्त नहीं हुआ सुक्खू ने कहा कि जनता अपने को ठगा महसूस कर रही है शशि दत्त उधर प्रदेश भाजपा प्रवक्ता शशि दत्त ने कांग्रेस विधायक दल के नेता मुकेश अग्निहोत्री को प्रदेश सरकार के खिलाफ बेत्की ब्यानबाजी न करने की सलाह दी है एक ब्यान में उन्होंने कहा कि सरकार पूर्ण बहमत में है और लोगों की आशाओं व आकांक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास कर रही है शशि दत्त ने बीपीएल परिवारों के चयन पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि पूर्व कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में इन परिवारों के चयन में की गई गड़बड़ियों को सुधारा जा रहा है